स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत इतनी बडी संख्या में कोविड टीकाकरण करने वाला दुनिया का अग्रणी देश बन गया है

पांच जिले चूरू सवाई माधोपुर टोंक झुंझुन् और हनुमानगढ़ में कोई भी सकिय मामला नहीं है

इसके साथ ही अदालत ने अभिभावकों को पांच मार्च से छह महीने में स्कूल फीस देने को कहा है

इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां ने कहा कि पार्टी के सभी विधायक विस्तृत रूप से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे

कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अधिकारियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आमजन को त्वरित रूप से योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए औचक निरीक्षण जरूरी है

उन्होंने विद्यालयों में नामांकन बढाने पर भी जोर दिया

श्री आर्य ने अन्य कार्यों को भी पूरा करवाने के निर्देश दिये

प्रदेश में इस सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा